उनमें प्रदेश और देश के विकास में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने का उत्साह देखते ही बनता है उन्होंने दोबारा सत्ता संभालने के बाद आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हूए कहा कि जब मैने जून महीने में आयोजित बैक टू विलेज प्रोग्राम की जानकारी ली तो पता चला कि कश्मीर के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिये आतुर हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पहली बार कई बड़े अधिकारी गांवों में गये और ग्रामीणों ने जिन अधिकारियों को देखा तक नहीं था उनके सामने बैठकर अपनी समस्या खुलकर बताई जल संरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखण्ड के आराकेरम गांव में जल प्रबंधन के लिये किया गया प्रयास एक मिसाल बन गया

हमें अपने टेलेंट और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करना चाहिये

मन की बात में खंडवा जिले के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए जिले के ग्राम मोरटक्का माफी के किसानों ने उत्साह के साथ मन की बात प्रसारण सुना

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री के निजी स्टाफ में रहे वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी को ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था

श्री सिलावट ने कहा कि नमूनों की जाँच में विलम्ब होने से मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही में देरी होती है

इस उपलक्ष में भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है वन मंत्री उमंग सिधार वन रक्षक सुमेरीलाल यादव को सतपुड़ा लैंडस्केप टाईगर पार्टनरशीप हीरो अवार्ड से सम्मानित करेंगे कार्यकम में कहानी पुस्तिका बाघों की कहानी मुन्ना की जुबानी और बाघ बनाएं बाघ बचाएं का विमोचन होगा इस मौके पर हिडन वाइल्डरनेस आफ मध्यप्रदेश वृत्त चित्र प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होंगे मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है

कम वर्षा दर्ज की गई है सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले रतलाम नीमच उमरिया मंदसौर झाबुआ भिण्ड और इंदौर हैं वहीं दतिया श्योपुरकलां मुरैना दमोह उज्जैन ग्वालियर बडवानी ब्रहानप्र शिवप्री खण्डवा अशोकनगर सिंगरौली जबलप्र धार नरसिंहपुर शाजापुर डिण्डौरी रीवा रायसेन मण्डला सीहोर टीकमगढ़ भोपाल कटनी देवास राजगढ़ अलीराजपुर सतना खरगोन और सागर जिलों में सामान्य बर्षा दर्ज की गयी कम वर्षा वाले जिले अनूपपुर छतरपुर गुना आगर मालवा हरदा विदिशा पन्ना सिवनी बैतूल होशंगाबाद शहडोल बालाघाट सीधी और छिंदवाड़ा हैं हालांकि पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में मानसून फिर से सकिय हो गया है जिससे बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद है रायसेन टीकमगढ़ होशंगाबाद उज्जैन सागर खरगौन सतना बैतूल इंदौर ग्वालियर गुना विदिशाशिवपुरी और श्योपुर में भी अच्छी बारिश हुई

राज्य सरकार इसके लिये आवश्यक तैयारियां कर रहा है

इस मौके पर प्रदेशभर में पौधरोपण कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं

महिलाएं प्राचीन नागचंदरेश्वर मंदिर से जल भरकर धारेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान धारनाथ का अभिषेक करेंगी

इसमें भारतीय पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुति होगी